प्रदेश में विघानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसी कम में झूंझन् में आज जिला कलेक्टर ने कला जत्थे को रवाना किया ये कला जत्था विभिन्न क्षेत्रो में मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम करेगा हनुमानगढ में जिले के सभी आंगनवाडी केन्द्रों पर मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन कर मतदाताओं को विशेषकर महिलाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया उधर भरतपुर में आज जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों की बैठक लेकर आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश दिए बांसवाड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों और तमाम मीडियाकर्मियों को आचार संहिता के पालन के संबंध में विविध जानकारी दी बूंदी में भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में निर्देश दिए

बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट स्कोनिंग कमेटी की चेयरपर्सन क्मारी शैलेजा समेत नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए पत्रकारों से बातचीत में कुमारी शैलेजा ने बताया कि बैठक में प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारो का फैसला करने का अधिकार सर्वसम्मति से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को देने का निर्णय किया गया

कार्यशाला को भाजपा के चुनाव प्रभारी और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संबोधित किया

वायुसेना दिवस पर विभिन्न वायू सेना स्टेशनों पर विशेष आयोजन किए गए जबकि मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली के निकेट हिंडन वायू सैनिक अड़डे पर किया गया

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस घनोआ ने इस मौके पर भव्य परेड की सलामी ली

न्यायमूर्ति वी एस सिराधना की खंडपीठ ने आज तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम को लेकर दायर याचिकाओं का खारिज कर दिया याचिका में बोनस अंक की मांग की गई थी और कहा गया था कि एक तरह की भर्ती में दो तरह के नियम नहीं होने चाहिए

इस अवसर पर उन्होंने दूरदर्शन स्ट्रिंगर कार्यशाला को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए समाचारों का प्रसारण किया जाना चाहिए

सीकर में दो दिन पूर्व बदमाशों के साथ फायरिंग में मारे गए फतेहपुर एसएचओ मुकेश कानूनगो और कांस्टेबल रामप्रकाश के हत्यारों को गिरफ़तार कर उनके परिजनों को सहायता दिलाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया

प्रतियोगिता के पुरूष महिला वर्ग का खिताब बीकानेर को मिला उदयपुर उपविजेता रहा

एक छात्रा को मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जिसके बयान आज पुलिस ने कलमबंद किए